पांच मरीज भी हुये स्वस्थ

छह करोड़ बीस लाख रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी बिहार में आज कोरोना के एक और पॉजिटिव मरीज की मौत हो गयी पैंतीस वर्षीय मृतक वैशाली जिले के राघोपुर पूर्वी गांव का रहने वाला था चौदह अप्रैल को वह पटना एम्स में भर्ती हुआ था जहां उसकी हालत गम्भीर बनी हुई थी उसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था एम्स के सूत्रों के अनुसार उसे पिछले अठारह घंटों से वेंटीलेटर पर रखा गया था लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ प्रदेश में कोरोना संक्रमण से यह दूसरी मौत है इससे पूर्व मुंगेर के एक मरीज की मौत हो चुकी है वैशाली के जिस युवक की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है उसके सम्पर्क में आने वाले लगभग सौ व्यक्तियों की पहचान हो चुकी है और सभी को क्वारेंटीन कर दिया गया है इधर राज्य में अब स्वस्थ हुये मरीजों की संख्या बढ़कर बयालीस हो गयी है आज पांच मरीजों को संक्रमण मुक्त घोषित किया गया ये सभी सीवान जिले के हैं द्रसरी तरफ राज्य में आज कोरोना का कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है संक्रमितों की संख्या फिलहाल तिरासी पर बनी हुई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले दो दिनों में जिन मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है उनके निकट सम्पर्कों का पता लगाया जा रहा है और उनके आवासीय परिसर के तीन किलोमीटर के दायरे को सील कर लोगों की स्क्रींनिंग करवाई जा रही है दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर चलाये जा रहे जांच अभियान के तहत कल चार लाख बाईस हजार से अधिक घरों का सर्वेक्षण किया गया इनमें पन्द्रह ऐसे लोगों की पहचान की गयी जो विदेशों से लौटे हैं जबकि अन्य राज्यों से लौटने वाले इक्यानवे लोगों की पहचान की गयी है इधर देश में अब तक कोविड उन्नीस संक्रमण के तेरह हजार आठ सौ पैंतीस मामलों की पुष्टि हुई है इनमें से एक हजार सात सौ छियासठ रोगी ठीक हो गए हैं जबकि चार सौ बावन लोगों की मौत हो गई है नवादा जिले के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज खुर्शीद मुस्तफा पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं उन्होंने दिल्ली में तबलीगी जमात में हिस्सा लिया था आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने लोगों से संक्रमण के लक्षण दिखने पर सामने आकर जांच करवाने की अपील की

मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अभी छह दशमवल दो दिन में केस दोगुने हो रहे हैं

केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए समेकित संशोधित दिशा निर्देश जारी किये हैं ये निर्देश कृषि गतिविधियों बागवानी वित्तीय क्षेत्र और निर्माण कार्यों से संबंधित सेवाओं और उत्पादों के बारे में हैं

बाईट सरकार के दिशा निर्देशों के मद्देनजर सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के मानदण्डों का पालन करते हुए एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी भी सुनिश्चित करनी होगी सभी संगठनों और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों को एक साथ एकत्रित होने की अनुमति न दें सामाजिक समारोह जिनमें विवाह और अंतिम संस्कार भी शामिल हैं के आयोजन से पहले संबंधित जिला अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माने का प्रावधान भी है शराब गुटखा और तंवाकू आधारित उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेंगे घर में रहें सुरक्षित रहें और समी जानकारियों के लिए आकाशवाणी समाचार के साथ जुड़े रहें आनंद चतुर्वेदी आकाशवाणी समाचार दिल्ली रुपये में भारी गिरावट और वित्तीय बाजार के अन्य क्षेत्रों में अस्थिरता के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने कई नियामक उपायों की घोषणा की है बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज रिवर्स रेपोरेट को चार प्रतिशत से घटाकर तीन दशमलव सात पांच प्रतिशत करने की घोषणा की

उन्होंने लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान से उबरने के लिये लघु और मध्यम उद्योगों के लिए पचास हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह भी घोषणा की कि बैंकों के फंसे कर्जों के लिए समाधान योजना की अवधि नब्बे दिन तक बढ़ा दी जायेगी उन्होंने बताया कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा रियल एस्टेट कंपनियों को दिये गये ऋणों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले लाभ के समान लाभ दिया जायेगा श्री दास ने बताया कि इन उपायों से सिस्टम में तरलता बनाये रखने में मदद मिलेगी और बैंक ऋण सुविधा बढ़ेगी वित्तीय दबाव कम होगा तथा बाजारों का औपचारिक संचालन हो सकेगा उन्होंने यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के अनुमान के अनुसार भारत की विकास दर जी ट्वेंटी समूह के देशों में सबसे अधिक रहने की आशा है उन्होंने कहा कि मॉनसून पूर्व खरीफ की बुआई काफी अच्छी हुई है और मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून सामान्य रहने का अनुमान व्यक्त किया है जो बेहतर संकेत है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की आज की घोषणाओं से बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा और ऋण आपूर्ति में सुधार होगा उन्होंने एक ट्वीट संदेश में कहा कि इन उपायों से छोटे व्यवसायियों अति लघ्र लघ्र तथा मध्यम उद्योगों किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी दरभंगा के चंदनपट्टी और भालपट्टी मोहल्ले में कोरोना को लेकर सर्वेक्षण करने पहुंची टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया असामाजिक तत्वों ने सर्वे फार्म भी फाड़ दिया और टीम के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार की भी कोशिश की पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि पुलिस तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत कार्रवाई होगी श्री पांडेय ने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों का नाम गुंडा पंजी में भी दर्ज होगा और स्पीडी ट्रायल के जरिये सजा दिलायी जायेगी

वहीं छब्बीस हजार पांच सौ सात वाहन जब्त किये गये हैं लगभग छह करोड़ बीस लाख रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी है जानेमाने फिजिशियन डॉक्टर नरेश गुप्ता ने आकाशवाणी से बातचीत में इस बात की जानकारी दी कि कोरोना वायरस का हमारे शरीर पर किस तरह प्रभाव पड़ता है बाईट वायरस के बारे में हमें थोडा ये समझना पड़ेगा कि वायरस एक बार शरीर में प्रवेश कर जाये या प्रवेश करने की कोशिश करे तो ये नहीं है ये वो जिन्दगी भर रहता है और उसकी नेचुरल हिस्ट्री में वो बीमारी करके बाहर ही निकल जाता है ज्यादातर केस में तो बाहर ही निकल जाता है दो हफ्ते का एवरेज पीरियड मान के चलें जिसमें कि बीमारी होने का अंदेश है तो हो जायेगी और जिसको बीमारी है वो वहां पर निकल जायेगी इसमें समय में थोडा एक दो हफ्ते ऊपर नीचे हो सकता है बट एवरेज आप मानके चलिए

लोग हेल्पलाईन नम्बर आठ शुन्य एक शुन्य एक एक एक दो एक तीन पर मिस्ड कॉल देकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं मिस्ड कॉल देने के बाद चिकित्सक स्वयं सम्पर्क करेंगे और रोग संबंधी जानकारी लेने के बाद दवा और अन्य सलाह एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी लॉकडाउन के दौरान केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं पर आम लोगों ने प्रसन्नता जतायी है दरभंगा कटिहार और जमुई के कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इससे उनका जीवन आसान हुआ है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह मालगाडी एक हजार छह सौ चौंतीस किलोमीटर की यात्रा पचास घंटे से कम समय में पूरी करेगी बाईट वैश्विक महामारी नोवल कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन जारी है देश भर में खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने में रेलवे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

अन्नपूर्णा मालगाड़ी ने दस जरूरतमंद राज्यों को तुरंत खाद्यान्न पहुंचाया है यह पहली बार है जब रेलवे ने इतने बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का परिवहन किया

स्वास्थ्य विभाग ने उन खबरों को पूरी तरह बेब्रनियाद और आधारहीन बताया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि विभागीय जांच में पोल्ट्री मुर्गी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है विभाग ने लोगों से इस प्रकार की खबरों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है प्रदेश में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम शुरू हो गया है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि वर्तमान में दो लाख सतहत्तर हजार से अधिक निबंधित मजदूरों को विभिन्न योजनाओं के तहत काम पर लगाया गया है उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हये श्रमिकों से सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने और व्यक्तिगत साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देने की अपील की गयी है हर कार्य स्थल पर साबुन पेयजल और शेड की व्यवस्था की गयी है मंत्री ने बताया कि काम मांगो अभियान चलाकर पंचायत स्तर पर लोगों को मनरेगा जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में आज एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत

पांच मरीज भी हुये स्वस्थ

छह करोड़ बीस लाख रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी